जगदलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं घर घर जाकर मतदाताओं को सुपाड़ी और हल्दी चावल देकर मतदान के लिए कर रही हैं आमंत्रित

विस चुनाव अधिसूचना छत्तीसगढ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बहत्तर सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी इसी के साथ नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी दो नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे तीन नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और पांच नवंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं इन सभी सीटों के लिए बीस नवंबर को मतदान कराया जाएगा राज्य की सभी नब्बे विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती ग्यारह दिसंबर को होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे प्रथम चरण निर्वाचन छत्तीसगढ़ में बारह नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अट्ठारह सीटों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद दो सौ इकतीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इस चरण के लिए कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे पहले चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की गई राजनांदगांव जिले की छह विधानसभा सीटों में एक सौ बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इनमें खैरागढ़ विधानसभा से उन्नीस डोंगरगढ़ में ग्यारह डोंगरगांव में चौदह खुज्जी में अट्ठारह मोहला मानपुर में अधिक राजनांदगांव में चालीस प्रत्याशी इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं दस और सबसे वहीं बस्तर संभाग की बारह सीटों में एक सौ उन्नीस प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं सबसे ज्यादा पच्चीस उम्मीदवार जगदलपुर में चुनाव लड़ रहे हैं वहीं सबसे कम पांच प्रत्याशी कोंडागांव विधानसभा में है पहले चरण में अंतागढ़ विधानसभा में चौदह भानुप्रतापप्र में दस और कांकेर विधानसभा में आठ उम्मीदवारों के नामांकन विधिमान्य पाए गए हैं केशकाल विधानसभा में नौ तथा कोंडागांव में पांच उम्मीदवारों के नामांकन विधिमान्य घोषित किए गए हैं इसी तरह नारायणपुर विधानसभा के लिए आठ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए बस्तर विधानसभा में छह जगदलपुर में पच्चीस और चित्रकोट विधानसभा में दस प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही घोषित किए गए हैं जांच के बाद दंतेवाड़ा विधानसभा में दस बीजापुर विधानसभा में आठ तथा कोंटा विधानसभा में छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं अटामी नामांकन वापस गोंगपा सूची इस बीच दंतेवाड़ा विधानसभा से भाजपा की टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चैतराम अटामी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात को बाद अपना नामांकन वापस लिया और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी भीमा मंडावी को समर्थन देने का ऐलान किया इधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अपने बत्तीस प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है इस पार्टी ने प्रदेश में साठ सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है मतदाता जागरूकता अभियान विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है छात्र छात्राओं द्वारा भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप बोट जात्रा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में जगदलपुर में सुपाड़ी और हल्दी चावल के साथ मतदान का आमंत्रण देने का काम शुरू किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर उन्हें सुपाड़ी और हल्दी चावल देकर बारह नवम्बर को मतदान के लिए आमंत्रित कर रही हैं विकासखण्ड तोकापाल में भी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा रस्सी खींच रंगोली और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया साथ ही मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई विकासखण्ड तोकापाल के छापरभानपुरी गांव में मशाल रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई

इसमें सौ से अधिक गांवों के लोग शामिल हुए और उन्होंने मतदान जागरूकता का आह्वान किया इस कार्यक्रम में हर ग्राम पंचायत के पचास से साठ लोगों ने हिस्सा लिया यह कार्यक्रम बिहान की महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया था स्वीप अधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में स्वीप अभियान के तहत नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है श्रीमती सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों में स्वीप अभियान के तहत श्रमदान भी किया गया इस दौरान लोगों को मतदान के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई

पार्टी के जिला मुख्यालय एकात्म परिसर में आयोजित इस बैठक में भाजपा की पहली सुची में घोषित हुए अटहत्तर प्रत्याशियों में साठ से ज्यादा प्रत्याशी भाग ले रहे हैं बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह और विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल शामिल हैं इस बीच पहले चरण की अट्ठारह सीटों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रचार की कमान संभाल ली है वे आगामी सत्ताईस अक्टूबर से सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा सीट से बस्तर में प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे कोंटा के अलावा नारायणपुर दंतेवाड़ा और जगदलपुर विधानसभाओं में भी मुख्यमंत्री की चुनावी रैली होगी उधर कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई के निदेशक को हटाए जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया है प्रदेश में पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने एक बयान जारी कर बताया कि सीबीआई निदेशक को बहाल किए जाने की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ता कल सभी प्रदेशों में सीबीआई मुख्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे विस चुनाव आपराधिक मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रकाशित करना होगा इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का उल्लेख करते हए दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके अनुसार राजनीतिक दलों को भी ऐसे प्रत्याशियों की सुचना देते हुए घोषणा पत्र प्रकाशित करवाना होगा यह घोषणा पत्र प्रत्याशी को मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक की अवधि में कम से कम तीन अलग अलग तारीखों में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के इलाकों में टेलीविजन पर भी इसे प्रसारित करना होगा माओवादी घटना सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ बटालियन की एक टीम जगरगुंडा थाना क्षेत्र के नारसापुरम के पास मल्लेवागु नाला की ओर गश्त पर निकली हुई थी तभी घात लगाकर बैठे माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का सहारा लेकर भाग खड़े हुए इसी दौरान माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया जिसमें सीआरपीएफ का जवान वीरेंद्र यादव गंभीर रुप से घायल हो गया घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के अरबे और नीलावाया के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाईक होल की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई मिली जानकारी के मुताबिक महिला को माओवादी अपने साथ ले गए हैं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां से एक महिला माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली इस बीच माओवादियों द्वारा बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र के पुसगुड़ी में सड़क निर्माण कार्य में लगे दो वाहनों में आग लगाए जाने की खबर है

इसमें राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ अंशकालिक संवाददाता शामिल हुए कार्यशाला के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और समाचार सेवा के निदेशक तथा भारतीय सूचना के वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार झा ने संवाददाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संबंध में आकाशवाणी के दिशा निर्देशों आदर्श आचरण संहिता और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी शुभारंभ सत्र को आकाशवाणी केंद्र के कार्यालय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा और कार्यक्रम प्रमुख एस पद्मजा ने संबोधित किया इस मौके पर समाचार एकांश के समाचार संपादक विकल्प शुक्ला ने आकाशवाणी द्वारा चुनाव कवरेज के लिए किए गए प्रबंधों के साथ साथ कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताया एकदिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन आकाशवाणी के रायपुर स्थित प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा किया गया था